स्वस्थ होने की दर अस्सी दशमलव सात एक प्रतिशत

कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है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 सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें अठारह वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रदेश में पिछले दो दिनों से कोविड के मामलों में कमी आ रही है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल ग्यारह हजार दो सौ उनसठ मामलों की पुष्टि हुई जो आठ मई की तुलना में लगभग सत्रह सौ कम है संक्रमण की दर भी घट कर दस दशमलव तीन एक प्रतिशत हो गयी है राज्य में पिछले दिनों संक्रमण की दर सोलह प्रतिशत तक चली गयी थी वहीं स्वस्थ होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में तेरह हजार तीन सौ चौंसठ लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने की दर बढ़कर अस्सी दशमलव सात एक प्रतिशत हो गयी है स्वस्थ होने की दर बढ़ने के साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या में भी कमी आयी है वर्तमान में एक लाख दस हजार आठ सौ चार लोगों का उपचार चल रहा है वहीं एक दिन में सड़सठ लोगों की मौत के साथ ही कोविड से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर तीन हजार दो सौ बयासी हो गया है राजधानी पटना में कोविड के मामलों में कमी आई है अप्रैल महीने में संक्रमण की दर साढ़े उनतालीस प्रतिशत तक चली गयी थी जो अब घट कर ग्यारह प्रतिशत के आस पास आ गयी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में लोगों से धैर्य और संयम से काम लेते हुये एकजुटता प्रदर्शित करने की अपील की है एक ट्वीट में श्री कुमार ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से ही इस जंग को जीता जा सकता है उन्होंने कहा कि कोरोना की पहली लहर के दौरान बिहार ने दृढ़ता और साहस के साथ यह लड़ाई लड़ी और इस बार भी कोरोना गाईडलाईन का पालन करते हुये हमें अपने को और अपनों को बचाना है मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के इस समय सरकार हर आवश्यक कदम उठा रही है उन्होंने इस समय अनुशासन और हिम्मत के साथ काम करने वाले चिकित्सकों नर्सों सफाईकर्मियों और प्रशासन तथा पुलिस के लोगों के प्रति समस्त बिहारवासियों की तरफ से आभार जताया राज्य सरकार ने कोविड प्रबंधन में लगे दंडाधिकारी पर्यवेक्षक पुलिस अधिकारी और जवानों को विशेष प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है गृह विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार इसे वेतन स्तर के आधार पर दो श्रेणियों में बांटा गया है जिन पदाधिकारी का वेतन स्तर छह या उससे अधिक है उन्हें प्रतिदिन छह सौ रूपये दिये जायेंगे वहीं वेतन स्तर पांच के अधिकारियों और कर्मियों के लिए प्रोत्साहन राशि चार सौ रूपये प्रतिदिन होगी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि राज्य में कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है श्री पांडेय ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार बिहार को आवश्यक सामग्री और जीवन रक्षक दवाओं के अलावा ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही है उन्होंने बताया कि पिछले दिनों बिहार को केंद्र सरकार से एक सौ पचास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तीन लाख नब्बे हजार एंटीजन किट नब्बे डी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर दो सौ बारह बाइपैप मशीन और सात हजार चार सौ नौ रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राप्त हुआ है श्री पांडेय ने बताया कि राज्य को हर दो दिन में वैक्सीन की नई खेप मिलेगी मई महीने में उन्नीस लाख डोज मिलने की सम्भावना है स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि आज से एक हजार विशेषज्ञ और सामान्य चिकित्साकर्मियों नर्स पारा मेडिकल स्टाफ और लैब टेक्निशियन की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रत्येक जिले में शुरू हो जायेगी तीन महीने के लिए होने वाली यह अस्थायी नियुक्ति वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर की जायेगी प्रदेश में अठारह से चौवालीस आयु वर्ग के लोगों का कोविड टीकाकरण शुरू हो गया है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल इस आयु वर्ग के उनासी हजार दो सौ अड़तीस लोगों को टीके की पहली डोज दी गयी वहीं पैंतालीस वर्ष से ऊपर के आठ हजार बावन लोगों को टीके की पहली डोज जबकि ग्यारह हजार तीन सौ सतहत्तर लोगों को दूसरी डोज दी गयी कल कुल एक लाख सड़सठ लोगों का टीकाकरण किया गया राज्य में अब तक अस्सी लाख अड़तीस हजार पांच सौ पच्चीस लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये जा चुके हैं वहीं देशभर में सत्रह करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है नई दिल्ली एम्स के वरिष्ठ चिकित्सक अनुराग श्रीवास्तव ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और टीका लगवाने की अपील की है

राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि इस संबंध में इच्छुक संस्थानों को संबंधित सिविल सर्जन के पास प्रस्ताव भेजना होगा उन्होंने बताया कि इन संस्थानों को टीकाकरण के लिए टीके की व्यवस्था स्वयं के स्तर से करनी होगी और राज्य सरकार इसका खर्च वहन नहीं करेगी केन्द्र सरकार ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि अब बारह साल से ऊपर के बच्चों को कोरोना से बचाव के टीके को वैक्सीन लगाये जायेंगे पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने एक ट्वीट में इस खबर को गलत बताते हुये कहा है कि अठारह साल से ऊपर के लोगों को ही टीके दिये जा रहे हैं वहीं पीआईबी ने उस संदेश को भी खारिज किया है जिसमें दावा किया गया है कि चाय पीने से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सकता है और इससे संक्रमित व्यक्ति जल्द स्वस्थ भी हो जाते हैं पीआईबी ने कहा है कि यह दावा पूरी तहर अप्रमाणिक है राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों और जांच केन्द्रों पर सीटी स्कैन की जांच दर तय कर दी है अब सिंगल स्लाइस सीटी स्कैन के लिए अधिकतम ढाई हजार रूपये जबकि मल्टी स्लाईस सीटी स्कैन के लिए अधिकतम तीन हजार रूपये ही लिये जा सकेंगे एंटी वायरल दवा रेमडेसिविर की कालाबाजारी के आरोप में कंकड़बाग स्थित एक निजी अस्पताल के निदेशक मनीष आनंद और न्यूज पोर्टल से जुड़े शशि यादव को पुलिस ने नामजद आरोपी बनाया है इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए ईओयू की टीम छापेमारी कर रही है इधर रेमडेसिविर की कालाबाजारी के आरोप में कंकड़बाग से पकड़े गये तीन आरोपियों को जेल भेज दिया गया है मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के सुस्ता मारकन गाँव में पुलिस ने छापेमारी कर पांच हजार से अधिक सरकारी एंटीजन किट समेत भारी मात्रा में पीपीई किट ग्लव्स और सेनेटाइजर बरामद किया है मामले में पांच स्वास्थ्यकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है इनमें से चार कर्मी सदर अस्पताल के जबकि एक सकरा अस्पताल का है मुजफ्फरपुर के झपहां स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात रेंज डीआईजी सुरेंद्र प्रसाद को एक महिला चिकत्सक से अभद्रता के आरोप में हटा दिया गया है मामले की जांच जारी है कटिहार रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से दो सौ पच्चीस ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किया है इस बात की जांच चल रही है कि ये सिलेंडर किस उद्देश्य से लाये गये हैं आकाशवाणी दरभंगा के कार्यक्रम अधिशासी सुधांशु कुमार का कोविड से निधन हो गया पिछले दिनों संक्रमित पाये जाने के बाद उनका पटना में इलाज चल रहा था आकाशवाणी परिवार की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि प्रदेश में मनरेगा के तहत वर्तमान में ग्यारह लाख श्रमिक प्रतिदिन काम कर रहे हैं उन्होंने बताया कि तीन लाख छह हजार से अधिक योजनाओं के तहत काम उपलब्ध करवाया जा रहा है श्री कुमार ने बताया कि मनरेगा के तहत काम उपलब्ध कराने के लिए माईकिंग के माध्यम से प्रचार प्रसार करवाया जा रहा है उन्होंने बताया कि कोरोना के समय दूसरे राज्यों से लौटे लोगों को सरकार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हर आवश्यक कदम उठा रही है भाजपा के पूर्व विधान पार्षद शिवेन्द्र प्रसाद सिंह का कल पटना में हृदय गति रूकने से निधन हो गया उनके निधन पर राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरी संवेदना जतायी है प्रदेश के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आज सुबह से तेज हवा के साथ बारिश हो रही है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक चक्रवातीय परिसंचरण रेखा शिवहर पूर्वी चम्पारण सीतामढ़ी गोपालगंज सीवान और सारण के ऊपर बनी है जिस कारण तेज आंधी के साथ बारिश की स्थितियां बनी हुई हैं मुजफ्फरपुर वैशाली दरभंगा सीतामढ़ी मधुबनी और समस्तीपुर से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ भारी बारिश हुई है पटना में भी आज सुबह तेज हवा के साथ हल्की ब्रंदाबांदी हुई है लखीसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र अन्तर्गत नंदीयामा बिहटा गांव के पास एक ट्रैक्टर और मोटरसाईकिल के बीच हुई टक्कर में पिता पुत्री समेत तीन लोगों की मौत हो गयी सारण जिले के बनियापुर थाना क्षेत्र अन्तर्गत मछवलिया पुल के पास अपराधियों ने दो लोगों की हत्या कर दी पुलिस मामले की छानबीन कर रही है मधेपुरा जिले के चौसा थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन कर संचालक को गिरफ्तार कर लिया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोविड के मामलों में आ रही गिरावट को प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने लिखा है बिहार में दस दिनों के अन्दर छह फीसदी घटी कोरोना संक्रमण की रफ्तार दैनिक भास्कर ने इसी खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाते हुये लिखा है लगातार चौथे दिन केस घटे तीसरे दिन भी जितने मरीज मिले उससे ज्यादा ठीक हुए हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है महामारी में हिम्मत से काम कर रहे कोरोना योद्धा और सामाजिक संगठन दैनिक जागरण की सुर्खी है डीआरडीओ द्वारा विकसित कोरोना रोधी दवा टू डीजी जल्द आयेगी बाजार में दैनिक आज ने लिखा है पीएम ने बिहार समेत चार राज्यों के सीएम से ली महामारी की जानकारी राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है हिमंत बिस्व सरमा होंगे असम के अगले सीएम और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में कोविड के मामलों में कमी आने का सिलसिला शुरू

स्वस्थ होने की दर अस्सी दशमलव सात एक प्रतिशत